वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उद्घाटन कर रहे थे इस ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि एनसीसी में एकता अनुशासन और राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है उन्होंने कहा कि अनेक एनसीसी कैडट सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह विख्यात खिलाड़ी अंजली भागवत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हैं

रक्षा मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में स्कूलों और कॉलेजों के खुलने की संभावना नहीं है इसलिए डिजिटल माध्यम से एनसीसी कैडटों के प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है

गौरतलब है कि मंत्रालय द्वारा दो श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाते हैं इन श्रेणियों के नाम बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार हैं मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इसी तरह के मिलते जुलते पुरस्कार एक निजी संस्थान भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा भी दिये जाते रहे हैं मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का इस संस्थान के इन पुरस्कारों से कोई संबंध नहीं है

मंडला की जिला जेल में एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मौसम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है जिसके चलते बुंदेलखंड़ अंचल सहित प्रदेश के कुछ अन्य स्थानों पर वर्षा हुयी है

वहीं राजधानी भोपाल में कल रात से मौसम में बदलाव देखा गया जिसके चलते सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं उधर विभाग के मुताबिक आज कटनी मंडला बालाघाट दमोह जिलों के अलावा पश्चिमी मध्यप्रदेश के अनेक स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है वहीं कल भी इन्हीं स्थानों पर इसी तरह की बारिश की चेतावनी है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चार किलो गेहूं और एक किलों चावल मुफ्त दिया जाता है

जानकारी के अनुसार लखन किसी काम से छत पर गया जहाँ बिजली के तार से टच हो गया जिससे उसकी मौत हो गई